खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा आर्थिक सर्वेक्षण में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस की तुलना में एक दशमलव सात सात प्रतिशत की गिरावट अनुमानित है वहीं कृषि और संबद्ध क्षेत्र में चार दशमलव छह एक प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है उद्योग क्षेत्र में पांच दशमलव दो आठ प्रतिशत की कमी जबकि सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में शून्य दशमलव सात पांच प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई है कि कोरोना संक्रमण के कारण राज्य की प्रति व्यक्ति आय में पिछले साल की तुलना में शून्य दशमलव एक चार प्रतिशत की कमी आई है प्रति व्यक्ति आय एक लाख पांच हजार नवासी रूपये से घटकर एक लाख चार हजार नौ सौ तैंतालीस रूपये हो गई है

इसका असर छत्तीसगढ़ के जनजीवन और विकास पर पड़ेगा

इससे पहले सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह देश और प्रदेश अन्नदाताओं का है किसी भी हाल में किसानों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं होने देंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नगरनार स्टील प्लांट का विनिवेश नहीं होने देगी मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा सुपोषण मलेरिया उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में राज्य ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं इससे पहले प्रश्नकाल में प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के मामले को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई इस पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि पिछले दस महीने में एक सौ इकतालीस किसानों ने आत्महत्या की है आत्महत्या के कारण अलग अलग हैं और इसके लिए मुआवजा नहीं दिया गया है बाद में कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया कोरोना टीका केन्द्र सरकार एक मार्च से साठ साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाना शुरू करेगी पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है उन्हें भी इस चरण में कोविड टीका लगाया जाएगा

दस हजार सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी जबकि बीस हजार निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की लागत स्वयं वहन करनी होगी आकाशवाणी के कार्यक्रम में बातचीत करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेलिया ने सरकारी और निजी केन्द्रों पर टीकाकरण की प्रक्रिया के बारे में बताया ये टीकाकरण दोनो जगह लगेगा सरकारी केन्द्र में भी लगेगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगेगा सरकारी हॉस्पिटल्स में ये मुफ्त लगाया जाएगा प्राइवेट जो केन्द्र हैं जहां पे लगेगा वहां पे इसके लिए थोड़ा सा शुल्क लगेगा लेकिन वो सरकार तय कर रही है कि इसमें बहुत ज्यादा खर्च न आए और बहुत महंगा न हो जैसे कोविड टैस्टिंग के लिए कैप दिया गया था कि इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते उसी तरह से वैक्सीन के लिए भी किया जाएगा कोरोना समाचार देश में अब तक एक करोड़ चौंतीस लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगाया जा रहा है अब तक दो लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ सत्रह स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला तथा अड़तालीस हजार से अधिक लोगों को कोरोना का दूसरा डोज लगाया जा चुका है वहीं द्र्ग जिले में टीकाकरण के तीसरे चरण में आगामी एक मार्च से पचास वर्ष से अधिक उम्र के अस्वस्थ नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा इसमें जिले के आम नागरिकों को शामिल किया जाएगा इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के दो सौ बीस नये मामले सामने आए वर्तमान में करीब दो हजार आठ सौ पैंसठ मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है उधर रायगढ़ में कोरोना के नये स्ट्रेन और संक्रमण की दर बढ़ने के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन और दूसरे राज्यों की सीमाओं पर कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग के लिए सेंटर खोले गए हैं इधर दूर्ग जिले के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पाटन में एक शिक्षक के कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के बाद स्कूल को दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है वहीं राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में स्कूली बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया राष्ट्रीय खिलौना मेला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय खिलौना मेला का उदघाटन करेंगे खिलौने बाल मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बच्चों की मनोप्रेरणा और ज्ञान कौशल को बढ़ाने में मदद करते हैं

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया जनवरी में मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था लोग नमो ऐप या माय जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं माओवादी समाचार बलरामपुर जिले में आज एक इनामी माओवादी ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया माओवादी संगठन में एरिया कमांडर के रूप में सक्रिय इस माओवादी के खिलाफ सात मामलों में स्थायी वारंट जारी किया गया था इस पर पैंतालीस हजार रूपये का इनाम भी घोषित था इधर कांकेर जिले के आमाबेड़ा में जवानों को निशाना बनाने के लिए बम लगा रहे तीन माओवादी इसकी चपेट में आ गए इस हादसे में एक माओवादी की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दो अन्य माओवादी घायल हो गए हैं यह जानकारी माओवादियों ने पर्चा जारी कर दी है उधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने कुटरू थाना क्षेत्र से एक माओवादी को गिरफ्तार किया है हाथी हमला रायगढ़ जिले में आज हाथी के हमले से एक वृद्धा की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक कोसीर थाना क्षेत्र के मल्दा गांव की एक वृद्वा चारा काटने के लिए जंगल की ओर गई थी जहां एक हाथी ने उस पर हमला कर दिया उधर जांजगीर चांपा जिले के ग्राम मरघट्टी मिरौनी में दो हाथियों के घुसने से लोगों में दहशत है मौके पर वन राजस्व और पुलिस की टीम पहुंच गई है गांव में मुनादी कराकर लोगों को हाथियों से दूर रहने की समझाइश दी जा रही है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कल राज्य के बाईस जिलों में एक साथ सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल सामूहिक विवाह का आयोजन अलग अलग स्थानों में किया जा रहा है इस आयोजन में विभिन्न स्थानों पर एक साथ तीन हजार तीन सौ जोड़ियां विवाह बंधन में बंधेगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्रिमंडल के सदस्य सांसद विधायक और कई जनप्रतिनिधि राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन में शामिल होंगे और राज्य में पहली बार डिजिटल माध्यम से अन्य जिलों में दाम्पत्य जीवन में बंधने वाले वर वधुओं को आशीर्वाद देंगे इस आयोजन में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा राजिम पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राजिम में कल से माधी पुन्नी मेला शुरू होगा यह मेला आगामी ग्यारह मार्च महाशिवरात्रि तक चलेगा मेले का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कार्यक्रम की अध्यक्षता धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे मेले के दौरान कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा इस बार मेला स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा

इस मैराथन में देश विदेश के लगभग ग्यारह हजार धावक शामिल होंगे मैराथन में भाग लेने से पहले दूसरे राज्यों सहित प्रदेश के अन्य जिलों से आए धावकों की कोरोना जांच की जाएगी मैराथन में महिला और पुरूष वर्ग के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे

इस दौरान वे अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे

इस बैठक में मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे

कोरोना संक्रमण के कारण इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा रहा है

तुमड़ीबोड़ से शुरू हुई यह साइकिल यात्रा पंद्रह किलोमीटर की दूरी तय कर शहर में समाप्त हुई

पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की जांच में जुट गई है